आओ कोरोना को हराए कोविड उचित व्यवहार के पालन को जन आंदोलन बनायें कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है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

स्रक्षित रहें और इन आसान उपायों का पालन करें मास्क पहनें दो गज दूरी है जरूरी स्रक्षित दूरी बनाये रखें हाथ और मुंह साफ रखें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विभिन्न राज्यों को ऑक्सीजन की निर्विघ्न आपूर्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिये है आज ऑक्सीजन की आपूर्ति की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करने हये श्री मोदी ने कहा कि ऑक्सीजन की आपूर्ति मे किसी भी तरह की रूकावट की जिम्मेदारी स्थानीय प्रशासन पर तय किये जाने की जरूरत है उन्होंने मंत्रालयों को ऑक्सीजन का उत्पादन और आपूर्ति बढ़ाने के लिए नये तरीके का पता लगाने की भी कहा है प्रधानमंत्री ने राज्यों तक ऑक्सीजन जल्दी पहंचाना स्निश्चित करने की जरूरत पर बल दिया उन्होंने कहा कि राज्यों को ऑक्सीजन की कालाबाज़ारी करने वालों के साथ सख्ती से पेश आना चाहिए इस बैठक के दौरान प्रधानमंत्री को राज्यों को धीरे धीरे ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाये जाने की जानकारी दी गई प्रधानमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि वे राज्यों के साथ मिलकर जितना जल्दी हो सके मजूंर किये गये पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र श्रू करने के लिए काम कर रहे है और शीघ्र ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए रेलवे का इस्तेमाल किया जा रहा है

राष्ट्रपति ने उनके पारिवारिक सदस्यों और प्रियजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आशीष येच्री के निधन पर उनके पिता सीताराम येच्री और उनके परिवार के प्रति संवदेना व्यक्त की है हरियाणा सरकार ने प्रदेश में कोविड मरीजों को दवाइयां ऑक्सीजन एवं अन्य चिकित्सा सुविधाओं की आपूर्ति करवाने वाले नए एवं पुराने उद्यमियों के लिए हरियाणा कोविड आपातकालीन ऋण योजना श्रू की है

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि इस योजना के तहत हरियाणा सरकार वर्तमान में कार्यरत व्यवसायियों को राज्य में उक्त जरूरतों को पूरा करने हेत् अपने चालू उत्पादन को बढ़ाने या नई इकाइयां स्थापित करने में मदद करेगी यह योजना अधिसूचना की तिथि से लागू होगी और पूरे राज्य में प्रभावी रहेगी उन्होंने बताया कि इस कोविड महामारी के दौरान ऑक्सीजन बैडस वेंटिलेटर इत्यादि उपलब्ध करवाने वाली पहले से काम कर रही इकाइयों को अपने उत्पादन बढ़ाने में सहायता मिलेगी केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड मरीज़ों की संख्या मे तेज़ी से हई वृदधि के कारण क्छ राज्यों में ऑकसीजन की बढ़ती मांग को देखते हये केनुद्र सरकार ने राज्यों में ऑक्सीजन का कोटा बढ़ा दिया है इन राज्यों में महाराष्ट्र दिल्ली मध्य प्रदेश हरियाणा उत्तर प्रदेश पंजाब आंध्रप्रदेश और उत्तराखंड शामिल है

हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आज सभी जिला उपाय्क्तों से गेहं की खरीद और मंडियो से उठान की स्थिति और समस्याओं के बारे में भी जानकारी ली

साथ ही उन्होने मौसम की स्थिति को देखते हये शैड व तिरपाल आदि की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिये

उन्होंने तालाब प्राधिकरण के सहयोग से तालाबों के पुनरजीविकरण के लिए कार्य किये जाने और तालाबों पर अतिक्रमण की पहचान करने के लिए भी प्राधिकरण से सहयोग करने को कहा

नई आबकारी नीति में शराब की बिक्री पर कोविड उपकर को समाप्त करने का निर्णय लिया गया है कोविड महामारी के मददेनजर रखते हुए अतिरिक्त राजस्व उत्पन्न करने के लिए में कोविड उपकर लगाया गया था

शराब की न्यूनतम ख्दरा बिक्री कीमतों में नाममात्र वृद्धि का प्रस्ताव किया गया है देशी शराब अंग्रेजी शराब और बीयर पर निर्यात शुल्क कम किया गया है बार लाइसेंस की फीस संरचना में कोई बदलाव नहीं किया गया है शराब की बोतलबंदी के लिए प्लास्टिक बोतलों की अनुमति नहीं दी जाएगी हरियाणा के म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश के सभी अस्पतालों में ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था समय से करने और रेमिडेसिविर इंजेक्शन चिकित्सक के परामर्श के बिना न दिए जाने के निर्देश दिए हैं म्ख्यमंत्री विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों एवं वीडियो कान्फ्रेंसिंग से ज्ड़े जिला उपाय्क्तों की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे